वे आज नई दिल्ली में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में देश विदेश से आये लगभग दो हजार विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा के नतीजे की चिंता किये बिना ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा को केवल परीक्षा तक सीमित नहीं किया जा सकता बल्कि इससे विद्यार्थियों को जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को अपने माता पिता की बात ध्यान से सुनने की सलाह दी श्री मोदी ने अभिभावकों से भी कहा कि वे अपनी इच्छाओं को बच्चों पर न थोपें बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहें मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर बताया कि कार्यक्रम में ईरान नेपाल दोहा कुवैत सऊदी अरब जैसे देशों के विद्यार्थी भी शामिल हुए प्रदेश संवाद इधर प्रदेश के विमिन्न स्थानों में भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोलन जिले के नालागढ़ उपमंडल की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोटीवाला में कार्यक्रम सुनने के बाद विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री के सफलता सूत्रों को आत्मसात करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस संवाद का उद्देश्य जहां विद्यार्थियों के मन से परीक्षा के डर को दूर कर उन्हें तनावमुक्त बनाना है वहीं भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना भी है शिक्षा मंत्री ने बताया कि नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हिमाचल के छः विद्यार्थियों सहित दो अध्यापक और दो अभिभावक भी प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे शिक्षक भत्ते केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों समकक्ष शैक्षिक संवर्ग रजिस्ट्रारों वित्त अधिकारियों और परीक्षा नियंत्रकों के भत्तों और विशेष भत्तों में वृद्धि की गई है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी किया है यह आदेश केन्द्र वित्त पोषित समकक्ष विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा इस फैसले से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और साढ़े पांच हजार समकक्ष विश्वविद्यालयों के करीब तीस हज़ार शिक्षकों और समकक्ष कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा निधन समाजवादी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडिस का आज नई दिल्ली में एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया

उनका अंतिम संस्कार उनके पुत्र के विदेश से आने के बाद कल किया जायेगा जार्ज फर्नांडिस का जन्म कर्नाटक में मंगलूरु में हुआ था वे नौ बार लोकसभा और एक बार राज्य सभा के सदस्य रहे उन्होंने केन्द्र में रक्षा रेल और उद्योग मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जार्ज फर्नांडिस के निधन पर दुख व्यक्त किया है राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने भी जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक जताया है गुहिणी सुविधा प्रदेश सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत राज्य के एक लाख बीस हजार परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन देने का प्रावधान किया है

वहीं गैस कनेक्शन पाने वाली महिलाओं ने इस योजना को गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बेहद लाभकारी बताया है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा हालांकि तापमान में भारी गिरावट के चलते शीतलहर का प्रकोप जारी है और जनजातीय क्षेत्रों सहित राज्य के अन्य भागों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है पिछले छह दिनों से शिमला का पारा माइनस में रिकार्ड किया जा रहा है मौसम विभाग ने कल से एक बार फिर बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है

मांग चम्बा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी के धरवास और साच हेलीपैड के लिए अब तक हेलिकॉप्टर की एक भी उड़ान नहीं हुई है स्वयंसेवी संस्था सेवा के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने कहा है कि हेलिकॉप्टर उड़ान न होने से मरीजों सहित अन्य लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने घाटी के लिए जल्द हेलिकॉप्टर उड़ान करवाने की सरकार से मांग की है